साथ ही संगीत समारोह या अन्य किसी मनोरंजक कार्यकम के जरिए भी चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा उन्होंने बताया कि इस अवधि में समाचार पत्रों में प्रकाषित होने वाले सभी विज्ञापनों को सक्षम स्तर से अधिप्रमाणन करवाना अनिवार्य होगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी और अपने बेटे वैभव गहलोत के समर्थन में कई स्थानों पर जनसभाएं की इस दौरानघनश्याम तिवाड़ी समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज दौसा जिले के बांदीकुई तथा राजसमंद में चुनाव प्रचार किया दौसा के बांदीकुई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पायलट ने राज्य सरकार द्वारा पिछले चार माह में किए गए विकास कार्यों को गिनाया उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए काम किया है उधर वरिष्ठ भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने बारां जिले में विभिन्न स्थानों पर चुनावी सभाएं कर अपने पुत्र और भाजपा प्रत्याशी दृष्यंत कुमार के पक्ष मतदान करने की अपील कीं

आज जयपुर में एक प्रेस कांफ्रेस में श्री सिंह ने कहा कि सेना के शौर्य का बखान करना कोई राजनीति नहीं है और जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं उन्हें राजनीति की समझ नहीं है उन्होंने कहा कि देश की भलाई के लिए और बेहतर भविष्य के लिए और एक सशक्त सरकार की जरूरत है उन्होंने विष्वास व्यक्त किया कि देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है इससे पहले जैसलमेर में एक प्रेस कांन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जिस गति और नियत से जितने विकास कार्य हुए हैं वे अदभुत है उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद भ्रष्टाचार की कोई घटना नहीं हुई और सरकार ने मजबूती के साथ कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिये

एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के गांवों के विकास के लिए विशेष योजना बनाई है और इस पर काम शुरू हो गया है

एक अन्य दुर्घटना में भरतपुर मथुरा मार्ग पर तुहिया मोड़ के पास आज ट्रक और मोटरसाईकिल की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई

इसके मददे नजर जालौर जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को पहले से ही पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं

प्रदेश के पूर्वी भागों में मौसम शुष्क रहेगा